ये परियोजनाएं कई पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों पुलों के निर्माण और पर्यटन स्थलों के संपर्क में सुधार से जुड़ी हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की बैठक के दौरान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सौ दिनों की कार्ययोजना में तीन हजार करोड़ रुपये लागत की दो सौ परियोजनाओं को शामिल किया गया है इसके अलावा असम में डिमा हसाओं जिले के मंडेरदीसा में पचास करोड़ रुपये लागत की एक बांस औद्योगिक उद्यान बनाया जाएगा एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रर्वोत्तर परिषद ईटानगर में बांस उद्यान की एक अन्य परियोजना शुरु करेगी प्रदेश के नये पुलिस महा निदेशक आर पी उपाध्याय ने आज ईटानगर में पदभार ग्रहण कर लिया है वे एस बी के सिंह के स्थान पर आए है जिनका स्थानांतरण मिजोरम हो गया है श्री उपाध्याय उन्नीस सौ इक्यानवें बैच के अरुणाचल प्रदेश गोआ मिजोरम और केंद्र शासित कॉडर के अधिकारी हैं इससे पहले वे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के आयुक्त के रुप में काम कर चुके हैं सरकार आतंकवादियों और उपद्रवी तत्वों द्वारा व्हाट्स ऐप के दुरुपयोग की स्थिति में कंपनी से संदेश के स्रोत का पता लगाने का तंत्र विकसित करने को कहेगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल व्हाट्स ऐप प्रमुख विल केथकार्ट के साथ इस बारे में बैठक की व्हाट्स ऐप प्रमुख ने इन गंभीर मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया श्री गमली पादु ने कल अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रुप में शपथ ली राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा द्वारा राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रुप में लीकी फुनत्सो को भी शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू उपमुख्यमंत्री चाउना मेन और राज्य कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित थ राज्य मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने कल राज्य सचिवालय में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन पर पांचवीं राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता की बैठक में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम और जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम सहित राज्य में पर्यावरण नियमों के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई

राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे जिला शहरी विकास एजेंसी के माध्यम से जिला पर्यावरण योजना तैयार करें तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी की रिपोर्ट हर महीने मुख्य सचिव को भेजें वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है आज नई दिल्ली में परिषद की छत्तीसवीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों पर जीएसटी दर को अट्ठारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला भी हुआ नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियों काफ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की इस महीने की पांच तारीख को संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी द्ररदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियों डॉट जीओवी डॉट इन पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्ररदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषा में इसे रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया